उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने चुनावी बॉड जारी करने संबंधी याचिका पर कल सुनवाई करेगा

मोदी पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रतिष्ठित जायेद मैडल पुरस्कार देने की घोषणा की है यह सम्मान राष्ट्रपतियों और राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाता है श्री मोदी को यह पुरस्कार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दीर्घकालिक मित्रता तथा संयुक्त कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिये जाने की घोषणा का स्वागत किया है एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा है कि इस घोषणा से वे बहत प्रसन्न हैं यह इस्लामिक देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों की शुरूआत करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है सीआईआई अधिवेशन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव आया है इससे लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है

इसे देखते हए राजनीतिक दलों और उनके घोषणा पत्रों को कड़े मानकों से गुजरना होगा

छिंदवाड़ा से नकल नाथ सागर से प्रभूसिंह ठाक्र दमोह से प्रताप सिंह लोधी सतना से राजाराम त्रिपाठी सीधी से अजय सिंह जबलपुर से विवेक तनखा मंडला से कमल मरावी खंडवा से अरूण यादव उज्जैन से बाबूलाल मालवीय खरगोन से गोविंद मुजालदा रीवा से सिद्दार्थ तिवारी देवास से प्रहलाद टिपानिया को टिकट दिया है

कांग्रेस ने आज छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिये मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम की घोषणा भी कर दी है

पिछले दिनों यहां से विधायक चुने गये दीपक सक्सेना ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं शाह राहुल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज आंध्रप्रदेश के नरस्रावपेट और विशाखापत्तनम में एक जनसभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों कांग्रेस और तेलगूदेशम की नीतियों की कड़ी आलोचना की उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज केरल के कालपेटा पहुंचकर वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल किया पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अनेक नेता इस अवसर पर मौजूद थे

नामांकन पत्रों की जांच का काम कल किया जायेगा वहीं सोमवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

इस दिन गुजरात गोवा केरल दादर तथा नगर हवेली दमन दीव और पुदुचेरी की सभी सीटों के लिए मतदान होगा

साथ ही लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से पड़ताल के लिये प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल आपका वोट आपकी सरकार नामक कार्यक्रम के जरिए परिचर्चा लाइव प्रसारण और विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर सम्यक विश्लेषण भी प्रसारित करेगा

भोपाल स्थित समन्वय भवन में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ओर से विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया वरिष्ठ पत्रकार पृण्य प्रसून वाजपेयी और साहित्यकार सुरेश आचार्य ने पत्रकारिता के क्षेत्र में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के योगदान और मौजूदा परिवेश पर अपने विचार रखे वक्ताओं ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन सभी के लिये प्रेरणा स्रोत है खंडवा में भी इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया इस अवसर पर लोगों ने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान का स्मरण किया

मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घण्टे के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ जबलपुर दमोह सागर खरगौन रतलाम और गुना में आज गर्म हवाएं चली